एक अंग्रेजी दैनिक को दिये विशेष साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों से निवेश बढ़ाने के लिए कारगर नीतियां अपना रही है भारत को व्यापार का आकर्षक केन्द्र बनाए जाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला देश का आंतरिक मामला है उन्होंने नये जम्मू कश्मीर के बारे में कहा कि प्रमुख उद्यमियों ने राज्य में निवेश करने में रूचि दिखाई है उन्होंने कहा कि संकुचित परिवेश में आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती खुली सोच से ही इस क्षेत्र के युवा जम्मू कश्मीर को विकास के मार्ग पर ले जायेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे ऐसा परिवेश विकसित करने में मदद मिलेगी जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कौशल कड़ी मेहनत और उत्पादों के बेहतर नतीजे मिलें

जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया यह कार्यक्रम पर्यावरण परिवर्तनों और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा

ये पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को दिये जाते हैं इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि हमारी विशाल युवा शक्ति एकजुट होकर काम करे तो देश अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकेगा

सदस्यता अभियान के प्रदेष संयोजक सतीष प्रनिया ने बताया कि पूरे राज्य में पार्टी का सदस्यता अभियान तेजी स ेचल रहा है

प्रदेशभर के मुस्लिम समुदाय के लोग पारम्परिक श्रद्वा के साथ इस पर्व को मना रहे है अजमेर में प्रसिद्व सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर वर्ष की तरह इस बार भी विशेष नमाज अदा की गई

शहर की प्रमुख पलटन मस्जिद में सुबह नमाज को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जालौर में ईद उल अजहा की नमाज साढे आठ सौ साल पुरानी शाही मस्जिद में पढ़ी गई कोटा झालावाड़ बाड़मेर धौलपुर बूंदी सवाईमाधोपुर जैसलमेर बांसवाड़ा भरतपुर और नागौर में शहरकाजी ने ईद की नमाज अता करवाई बीकानेर में बडी ईदगाह में हुई मुख्य नमाज के बाद ऊर्जा और जलदाय मंत्री बी डी कल्ला ने मुस्लिम भाइयों को त्यौहार की मुबारकबाद दी

इस स्थिति के कारण ओड़िसा पूर्व और पष्विमी मध्यप्रदेष गुजरात कोंकण तथा गोवा कर्नाटक और केरल में भी अगले पांच दिनों तक कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिष होने की संभावना है विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेष के पूर्वी भाग में कल कुछ स्थानों पर भारी बारिष हो सकती है

उधर देष के दक्षिण राज्यों मध्यप्रदेष और गुजरात में स्टेषनों पर पानी भरने के कारण उत्तर पष्विम रेलवे की कई गाड़ियां प्रभावित हुई हैं वहीं कई रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है

इसके अलावा तीन रेलगाडियों का मार्ग बदला गया है इस बीच राज्य में आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है प्रतापगढ जिले में बारिश का दौर लगातार भी जारी है

जिले के अरनोद धरियावाद छोटी सादड़ी में भी लगातार बारिश हो रही है